प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली पर स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल की अपील की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार गढ़ने का अवसर देगी

सबसे ज्यादा राउंड की गिनती ग्वालियर पूर्व में होगी

इस बार काउंटिंग के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि प्रत्याशी उनके एजेंट बाहर से ही उसे देख सकें पहली बार ईवीएम की काउंटिंग के साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी अब तक सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते थे उसके बाद ईवीएम में पड़े मतों को गिना जाता था

सुरक्षा के लिए ग्वालियर भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया है कि मतगणना स्थल पर बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके साथ ही शरीर का तापमान लेने के बाद ही अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के पोहरी और करेरा विधानसभा के लिये हुए मतदान की गणना कल जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज में होगी रायसेन खंडवा राजगढ गुना अशोकनगर मंदसौर धार देवास अनूपपुर छतरपुर सागर दतिया सहित उपचुनाव वाले सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

बिहार के वाल्मिकि नगर लोकसभा सीट की भी मतगणना कल होगी

बिहार के वाल्मिकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की चार विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव इनके साथ ही हुए थे पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्ववान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं

भकंप सिवनी सिवनी जिले में आज सुबह फिर तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किये गये जिससे लोगों की नींद टूट गई और वे घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए लगातार हो रही भूगर्भीय हलचल से जिले के लोगों में दशहत का माहौल है लोगों का कहना है कि झटके इतने जोरदार थे कि कई घरों की दीवारों में दरारें आ गईं हालांकि रिक्टर में यह भूकंपीय हलचल दर्ज नहीं हई है गौरतलब है कि बीते तीन महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किये जा रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थी की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार गढ़ने का अवसर है आईईएस विश्वविद्यालय द्वारा आज आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को शिक्षण काल में छात्र छात्राओं में उत्साह अनुशासन और अनुभव के गुणों का समावेश कर उनको आत्म निर्भर बनाने की चुनौती को स्वीकारना होगा श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के उज्ज्वल भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा कदम है

सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है

उधर कटनी जिले के बरही में बस की टक्कर से मोटर साइकल सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई इनमें पति पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं

तीन यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई है

इस दौरान उन्होंने नियम विरूद्व कारोबार करने वाले साहूकारों के विरूद्व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये सतना जिले के चित्रकूट में हनुमान धारा मंदिर रोपवे का आज सांसद गणेश सिंह ने शुभारंभ किया

रतलाम मंडी से बिना अनुमति सोयाबीन भरकर जा रहे ट्रक को स्थानीय विधायक दिलीप कुमार मकवाना ने पकड़ा